उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने पुरोला में आयोजित जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं

स्लग क्षेत्रीय सम्मेलन पद्म विभूषण डॉ मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि समाज में परिवर्तन रचनात्मक और हितकारी होना चाहिए शुक्रवार को देहरादून जिले के जौलीग्राण्ट स्थित स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में आयोजित एक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए डॉ जोशी ने कहा कि आज वैज्ञानिक और तकनीकी परिवर्तन ने युवाओं के सामाजिक सम्बन्धों और भावनात्मक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला है आज की पीढ़ी के आपसी संवाद या कम्युनिकेशन में मानवीय संवेदनाओं की कमी हो रही है डॉ जोशी ने कहा कि केवल जीडीपी वृद्धि पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि सर्वांगीण मानवीय विकास पर जोर देना होगा उन्होंने नेचर फ्रेण्डली टेक्नोलॉजी को अपनाने की जरूरत बताई

उन्होंने कहा कि ्योग से वेलनेस और वेलनेस से हैप्पीनेस सम्भव है मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में ऋषिकेश अध्यात्म और योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है दुनियाभर के लोग यहां योग और ध्यान के लिए आते हैं उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानन्द ने यहां की दिव्य ऊर्जा को लेकर पश्चिम देशों में भारत के अध्यात्म का परचम लहराया मानव कल्याण और विश्व शान्ति का सन्देश दिया स्लग धन सिंह रावत उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने उत्तरकाशी जिले के पुरोला में आयोजित बहउद्देश्यीय शिविर और जनता दरबार में जनता की समस्याएं सुनीं शिविर में अधिकांश शिकायतें बिजली सड़क कृषि पेयजल आदि से संबंधित रहीं

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला गैस योजना के लाभ से अगर कोई परिवार वंचित रह गया है तो राज्य सरकार उन्हें उज्ज्वला गैस कनेक्शन देगी उन्होंने लोगों को अटल आयुष्मान योजना के बारे में भी जानकारी दी डॉ रावत ने इस बात का भी आश्वासन दिया कि जल्द ही खाद्यान्न की सब्सिडी को खत्म कर सरकारी गल्ला विक्रेताओं को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा इस दौरान उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने नवोदय विद्यालय दूनागिरि सम्पर्क मार्ग को जिला योजना से बनाये जाने बीएल जुवांठा महाविद्यालय में अगले साल से पीजी कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की इस बहउद्देश्यीय शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉलों के माध्यम से लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई

आत्मा योजना के तहत लगाई गई इस पशु प्रदर्शनी में भकुनखोला बयालीसेरा गडसेर मटेना जिनखोला बंड के पशुपालकों ने भाग लिया प्रदर्शनी में पशु पालकों को बताया गया कि दुग्ध उत्पादों में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है इससे औरतों में होने वाली कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है इस मौके पर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने गरुड़ ब्लॉक के पशुपालकों को सरकार की योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने और अच्छी नस्ल की गाय पालकर आय दोगुनी करने की सलाह दी जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत स्तर पर आवारा पशुओं के लिए गोशाला बनाने के लिए प्रयास करने को कहा उन्होंने कहा कि इसमें जिला प्रशासन भी मदद करेगा जिलाधिकारी ने पशु प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए चौम्पियन पशु का चयन किया मुख्य पश् चिकित्साधिकारी डॉ उदय शंकर ने बताया कि इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रजातियों के पशुओं को शामिल किया गया और पुशपालकों को पशुपालन से जुड़ी अहम जानकारियां दी गई

आयोग की निर्देशिका में कहा गया है कि देश में सभी मतदान केन्द्रों को तम्बाक् मुक्त घोषित किया जाना चाहिए और बीड़ी सिगरेट गुटखा और सुगंधित चबाने योग्य तम्बाकू के इस्तेमाल को भी सभी मतदान केन्द्रों पर प्रतिबंधित किया जाए निर्देशिका के अनुसार प्रत्येक मतदान केंद्र पर इस संबंध में बैनर भी लगे होंगे प्रत्येक मतदान केंद्र के मुख्य अधिकारी अपने केन्द्रों पर तम्बाकू मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए भी मनोनीत रहेंगे सभी जिले के तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठों को तम्बाकू के दुष्परिणामों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए इस अभियान का संचालन और निगरानी करनी होगी

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह उपलब्ध रहेगा

कार्यक्रम के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा स्लग ट्राउट फिश चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा पर्वतीय जिलों में आबोहवा ट्राउट प्रजाति की मछली पालन के लिए अनुकूल है उन्होंने कहा कि ट्राउट फिश की बाजार में अधिक मांग होने से काश्तकारों को इसका अच्छा दाम मिल रहा है इसलिए इससे जुड़कर कोई भी काश्तकार अपनी आर्थिकी को मजबूत बना सकता है पर्वतीय क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित ट्राउट फिश पालन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला के समापन अवसर पर उन्होंने ये बात कही जिलाधिकारी ने कहा कि अगर जिले में ट्राउट फिश पालन से जुड़े काश्तकार या समितियां अच्छा प्रोडेक्शन करती हैं तो प्रशासन की ओर से मछली के विपणन की व्यवस्था के साथ साथ इसकी अच्छी ब्रांडिंग और पैंकिग की व्यवस्था के लिए प्रा सहयोग किया जायेगा प्रशिक्षण कार्यशाला में काश्तकारों को सहकारिता के माध्यम से कलस्टर आधारित ट्राउट फार्मिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई इस मौके पर जिलाधिकारी ने ट्राउट मछली पालन से जुड़े काश्तकारों को मत्स्य बीज और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया प्रशिक्षण कार्यशाला में रुद्वप्रयाग उत्तराकाशी बागेश्वर पिथौरागढ़ टिहरी और चमोली जिले के किसान और काश्तकार शामिल हुए

अधिकांश इलाकों में मौसम साफ है और दिन में धूप भी खिल रही है लेकिन शीतलहर के कारण ठंड से राहत नहीं मिल रही है खासकर सुबह और शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है चमोली रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी जिलों के साथ ही कुमाऊं के उच्च हिमालयी क्षेत्र बर्फ की चादर ओढ़े हुए हैं वहीं निचले इलाकों में सर्द हवाओं से जनजीवन खास प्रभावित हुआ है कुछ जगहों पर पाला पड़ने की भी खबर है जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है लगातार बढ़ रही ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं वहीं अस्पताल में सर्दी जुखाम और बुखार के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है

वहीं कुछ क्षेत्रों में पाला पड़ने और घना कोहरा छाने रहने की भी संभावना है